इन पर पांच पांच लाख रूपये का इनाम घोषित था पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम किरंदुल क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान कुटेरम के जंगल में माओवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई इस मुठभेड़ में मलंगीर एरिया कमेटी के दो माओवादी मारे गए मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से नौ एमएम की इटली में बनी पिस्टल और बारह बोर की एक बंदूक बरामद की गई मारे गए माओवादियों पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप था इसी जिले में किरंदुल थाना क्षेत्र के पुलुम में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी वहीं अरनपुर थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम ने कोंडापारा से पांच किलो का आईईडी बरामद किया है बाद में इसे निष्क्रिय कर दिया गया इधर बीजापुर जिले के आवापल्ली थाना क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक माओवादी को मारा गिराया है मारे गए माओवादी के पास से तीन सौ पंद्रह बोर की रायफल भी बरामद की गई है सुकमा जिले में जगरगुंडा मार्ग पर बुरकापाल और चिंतलनार के बीच माओवादियों ने वाहनों को रोककर सड़क को काटने का प्रयास किया बाद में सुरक्षा बलों की टीम के पहुंचने पर माओवादी वहां से भाग गए राज्यपाल दीक्षांत समारोह राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि युवा अपना लक्ष्य विद्यार्थी जीवन में ही निर्धारित कर लें और उसकी प्राप्ति के लिए सुनियोजित तरीके से अध्ययन करें वे असफलता से निराश न हों और कमियों को दूर कर आगे बढ़ें सुश्री उइके ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में यह बात कही राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य होगा तभी हम उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे विद्यार्थी सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखे इस अवसर पर राज्यपाल ने एक सौ छब्बीस विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में स्वर्ण पदक प्रदान किए दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और कुलपति प्रोफेसर गौरीदत्त शर्मा भी मौजूद थे राशन कार्ड अपील प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राथमिकता वाले राशन कार्डों के नवीनीकरण के दौरान अपात्र पाए गए राशन कार्डधारियों को अपील का अवसर दिया गया है नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण और डाटा एंट्री के बाद अपात्र पाए गए राशन कार्डधारी तहसीलदार के समक्ष अपील कर सकते हैं सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावा आपत्तियों का निराकरण दस सितंबर तक किया गया था खाद्य विभाग के मुताबिक नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी या प्राधिकृत समक्ष अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत सीईओ के आदेश के विरूद्व दस दिनों के भीतर तहसीलदार के समक्ष अपील की जा सकती है राशन कार्ड पात्र अपात्र होने के संबंध में तहसीलदार का निर्णय अंतिम होगा दावा आपत्ति के निराकरण के बाद तैयार अंतिम सूची के आधार पर खाद्य विभाग की वेबसाइट में निरस्त किए जाने वाले राशन कार्डों को बीस सितंबर तक हटा दिया जाएगा वहीं जिन कार्डधारियों का राशन कार्ड पुनः पात्र पाया गया है उन्हें उचित मूल्य की दुकानों से राशन मिलना शुरू हो जाएगा स्वास्थ्य शिविर राज्यपाल राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण और विभिन्न रोगों के इलाज के लिए छोटे छोटे स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाने पर जोर दिया है श्रीमती उइके ने रायपुर में आयोजित स्त्री रोग विशेषज्ञों के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह बात कही उन्होंने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता आएगी और महिलाओं को होने वाली बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी रबी फसल प्रदेश में रबी फसलों के विस्तार की संभावनाओं पर ठोस रणनीति बनाई जाएगी वहीं अमानक उर्वरक बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कल नवा रायपुर अटल नगर में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में धान की खेती से भू जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है इसके लिए अधिक से अधिक किसानों को रबी फसल के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

प्रत्येक वर्ष चौदह सितम्बर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है संविधान सभा ने चौदह सितंबर उन्नीस सौ उनचास में देवनागरी लिपि में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी देशभर में लगभग चालीस प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं संविधान की छठी अनुसूची में शामिल बाईस भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है केन्द्र सरकार ने राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के अनेक उपाय किये हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में संबोधन आज भी याद किया जाता है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हिन्दी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में कहा कि किसी देश की पहचान के प्रतीक स्वरूप जनसामान्य की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है उन्होंने कहा कि हिन्दी वह भाषा है जिसमें पूरे भारत को एकजुट रखने की क्षमता है उन्होंने कहा कि हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं का विकास साथ साथ होना चाहिए श्री शाह ने हिन्दी को देशभर में एक जनआंदोलन बनाने का आहवान करते हुए कहा कि देश की विविध भाषाएं और बोलियां इसकी शक्ति हैं इससे पहले गृहमंत्री ने हिन्दी दिवस के अवसर पर राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए

उन्होंने कहा कि अब भारतीय भाषाएं और समृद्ध हो रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्दी दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हिन्दी ने अभिव्यक्ति में सहजता सरलता और शालीनता की भावना को बहुत सुंदर ढंग से आत्मसात किया है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हिन्दी दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में बलरामपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी ईडी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भारतीय नागरिकों को विदेशी ट्र पैकेज के बहाने विदेश में जुआ खिलाने वाले रायपुर के एक दूर ऑपरेटर के ठिकानों पर दबिश देकर तीस हजार यूएस डॉलर जब्त किए हैं ईडी ने विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है अधिकारियों के मुताबिक ईडी की टीम ने टूर ऑपरेटर के रायपुर और राजनांदगांव स्थित परिसर में छापे की कार्रवाई की इस दौरान बड़े पैमाने पर टूर ऑपरेटर के रिश्तेदारों कर्मचारियों और अन्य लोगों के नाम पर खोले गए अलग अलग बैंक खातों में नगदी जमा होने के सबूत मिले हैं इस नगदी को इन खातों में आपस में घूमाकर विदेशी मुद्रा खरीद और विदेश में खर्च के लिए प्रयोग किया जा रहा था टूर ऑपरेटर भारतीय लोगों को बड़े समूहों में ऐसे देशों में ले जाता था जहां भारतीयों के लिए आसान वीजा कानून है और जुआ खेलने की सुविधा कसीनो में आसानी से उपलब्ध है इस कार्रवाई में विदेशी मुद्रा को कैरियर के द्वारा भौतिक रूप से देश के बाहर ले जाने के सबूत भी मिले हैं ईडी की कार्रवाई अभी जारी है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत संचालित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पोर्टल रखरखाव कार्य किए जाने के चलते धीमी गति से काम कर रहा है रखरखाव कार्य पूर्ण होने तक अति आवश्यक सक्षम अधिकारी द्वारा मेन्युअली बनाए जा सकते हैं इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है प्रमाण पत्र हालांकि पोर्टल दोबारा शुरू होने पर ऑनलाइन पंजीयन आवश्यक होगा संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में प्रदेश के सभी जिला सत्र न्यायालयों और बिलासपुर उच्च न्यायालय में आज विशेष अदालतें लगाई गईं इस लोक अदालत में रायपुर जिला न्यायालय में सबसे अधिक नौ सौ पैंसठ प्रकरणों का निराकरण किया गया आकाशवाणी की वरिष्ठ समाचार वाचक प्रभजोत बरूआ का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया वे तिरपन वर्ष की थीं श्रीमती बरूआ कुछ समय से बीमार थीं वे तीन दशकों से अधिक समय तक आकाशवाणी से जुड़ी रहीं दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा कर दी है इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राहुल गांधी प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत इकतालीस नेताओं को शामिल किया गया है बस्तर जिले में पुलिस ने साढ़े पांच क्विंटल गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है गांजे की कीमत करीब सत्ताईस लाख रूपये बताई गई है कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के ग्राम सरभोका में हाथी के हमले से दो ग्रामीणों की मौत हो गई